्र भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आज राज्यभर में उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रब्द्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं उन्होंने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का आग्रह किया

प्रतिष्ठित पत्रिका गेट का निर्माण पत्रिका समाचार समूह ने जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर किया है प्रधानमंत्री ने इस दौरान समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान अपने इतिहास और संस्कृति के कारण द्नियाभर में पहचाना जाता है कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी भी उपस्थित थे

प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं भरतपूर में हर सप्ताह लगने वाली हाट साढे पांच महीने के अंतराल के बाद आज से फिर शुरू हो गई हैं उद्योग विभाग की ओर से आयोजित ग्रामीण हाट में करीब सवा सौ दुकानदारों ने दुकानें लगाईं

इस संबंध में रिजर्व बैंक ने केवी कामत समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञप्ति जारी कर दी है

रिजर्व बैंक ने कहा कि निर्धारित अनुपात अलग अलग मामलों के लिए सीलिंग का काम करेंगे लेकिन समाधान योजना में ऋण लेने वाले के कोविड संकट से पहले के रिकॉर्ड और वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा

इसके तहत रेलवे द्वारा सम पार के लिए अप्रोच रोड का निर्माण और रखरखाव जलमार्गो खाइयों तथा नालों की सफाई और रेलवे स्टेशनों को जाने वाली अप्रोच रोड का रखरखाव जैसे कार्य करवाये जा रहे हैं

इस अभियान के तहत राजस्थान सहित छह राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए आरक्षण कराना होगा जो दस सितम्बर से शुरू होगा

हर वर्ष आठ सितम्बर को मनाया जाने वाला यह दिवस व्यक्तियों समुदायों और समाज सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा से ही लोकतंत्र को ताकृत मिली है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कर्क मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये दौसा में कलेक्ट्रेट परिसर में रंगोली बनाकर साक्षरता का संदेश दिया गया

आरोपियों से विश्वकर्मा पुलिस थाने में पुछताछ जारी है

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौमूं में उपखंड कार्यालय में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

दसवीं में पढ़ने वाले छात्र सौम्य ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और एक तस्वीर बनाकर भेजी थी प्रधानमंत्री ने सौम्य के बनाये स्केच की प्रशंसा की और लिखा कि चित्रकला संप्रेषण की अदभुत शैली है

जयपुर सीकर टोंक भीलवाडा जिलों में भी कहीं कहीं बारिश हुई है मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ ड्रंगरपुर राजसमंद प्रतापगढ़ टोंक तथा उदयपुर र्मे वर्षा होने की संभावना जताई है विभाग ने कल अलवर बारां बूंदी झालावाड़ और कोटा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें बहत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें